मोदी वाराणसी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से जातिगत भेदभाव समाप्त करने की अपील की है उन्होंने आज वाराणसी में गुरू रविदास जयंती पर कई विकास योजनाओं का लोकार्पण करते हुये कहा कि भेदभाव सामाजिक सौहार्द्र में एक बाधा है प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी को जाति धर्म और अन्य कारकों से ऊपर उठकर सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिये श्री मोदी ने कहा कि गुरू रविदास ने ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां कोई भेदभाव ना हो और सभी का ध्यान रखा जाये इसी सिद्वांत पर उनकी सरकार काम कर रही है

वहीं रोजगार मिलने से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आयेगा उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायड् ने कहा है सरकार जनजातीय लोगों के कल्याण के लिये कई कदम उठा रही है इससे उनके जीवन में बदलाव आ रहा है

उपराष्ट्रपति ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्मरण करते हुये कहा कि उन्होंने देश को जोड़ने के लिये सभी को साथ लेकर काम किया उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज जहां देश की समुद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की जरूरत है वहीं राष्ट्र के विकास के लिये शांति पहली आवश्यकता है डिजिटल इंडिया सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि डिजिटल इंडिया का मुख्य उददेश्य टेक्नोलॉजी के जरिए आम आदमी को सशक्त बनाना है उन्होंने आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि डिजिटल इंडिया समावेशी भारत का निर्माण करने और समाज में लोगों के बीच डिजिटल खाई को पाटने के लिये है श्री प्रसाद ने डिजिटल प्रशासन को सुशासन बताते हुये कहा कि देश में डिजिटल भुगतानों की संख्या में बढ़त्तोरी हो रही है वहीं के नवाचार भी हो रहे हैं इस उपलब्धि से कारोबार भी आसान हो रहा है सीएम उद्योगपति मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि जो उद्योग युवाओं को जितना अधिक रोजगार देंगे उन्हें उतनी अधिक सुविधायें दी जायेंगी उन्होंने आज भोपाल में निवेश और रोजगार की संभावनाओं पर उद्योगपतियों के साथ चर्चा में कहा कि उनकी सरकार प्रदेश में निवेश के लिये नया वातावरण बनायेगी उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगों के लिये समग्र नीति के साथ ही क्षेत्रीय स्तर पर भी उद्योग नीति बनायेंगे उन्होंने कहा कि हमारे सामने कृषि विकास के साथ साथ रोजगार उपलब्ध कराना सबसे बड़ी चुनौती है कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाने और रोजगार देने वाले निवेश को प्रोत्साहित किया जायेगा

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य पर उनके विचार व अनुभव भी साझा किये अंशकालिक संवाददाता आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा अंशकालिक अनुबंध के आधार पर इन्दौर मंदसौर रतलाम बालाघाट मंडला और निवाड़ी जिलों में संवाददाताओं के लिये आवेदन आमंत्रित किये गये हैं अंशकालिक संवाददाता पीटीसी के लिए आवेदक के पास पत्रकारिता की डिग्री या डिप्लोमा और पत्रकारिता में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए

आवेदन पत्र आकाशवाणी भोपाल से भी प्राप्त किये जा सकते हैं

आसन्न लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सरकार पूर्ण बजट प्रस्तुत करने की बजाए चार माह के खर्च के लिये लेखानुदान ला रही है

मुद्रा कार्डो के जरिए किसानों को खेती से पहले मिट्टी का स्वास्थ्य जांचने में मदद मिलती है

इस अवसर पर राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में भी कई कार्यक्रम आयोजित किये गये इन कार्यक्रमों में उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेने का आहवान किया गया आगरमालवा में इस अवसर पर एक चल समारोह निकाला गया वहीं खंडवा में भी रविदास जयंती धूमधाम से मनाई गई भजन कीर्तन के साथ ही जुलूस निकाला गया और उनके उपदेशों का स्मरण किया गया मौसम प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है अधिकांश स्थानों पर दिन में धूप खिलने से जहां गर्मी का असर बढ़ने लगी है वहीं रात में हवायें चलने और तापमान में कमी आने से सर्दी का अहसास बना हुआ है राजधानी भोपाल में पिछले चौबीस घंटे के दौरान तेज धूप से तापमान में बढ़ोत्तरी हुई वहीं शाम होते होते हल्की सर्द हवायें चल रही हैं मौसम विभाग के अनुसार तापमान में उतार चढ़ाव का यह दौर अभी कुछ दिनों और रहेगा मौसम में यह बदलाव राजस्थान पर बने चक्रवात के उत्तरप्रदेश की तरफ खिसकने से हो रहा है

इस प्रशिक्षण में एनसीसी कैडटस को बेहतर प्रदर्शन के लिये प्रेरित किया जा रहा है

इनमें उन्हें ईवीएम एवं वीवीपेट के बारे में जानकारी दी जायेगी

इस बैठक में युवाओं में नशे की प्रवत्ति की रोकथाम के लिये विभिन्न उपायों पर चर्चा की जायेगी

जिसमें किसानों को ऋण माफी प्रमाणपत्र दिये जायेंगे

इस समारोह में श्रद्धालुओं के लिये व्यापक व्यवथायें की गई हैं